कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि इकत्तीस अगस्त तक बढ़ायी गई

सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ नौ केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल किसानों और सूक्ष्म लघ् तथा मझोले उद्यमों एमएसएमई की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की चौदह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तिरासी प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा

सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तिरपन रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो सौ साठ रुपये बढ़ाया गया है इससे मौजूदा फसल वर्ष के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार पांच सौ पन्द्रह रुपये प्रति क्विंटल होगा श्री तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि इकत्तीस अगस्त तक बढ़ा दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा पचास करोड़ रुपये तक के निवेश और दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी

सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के आपात कोष को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट के फैसलों को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने कहा कि इनसे किसानों मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा सरकार के फैसलों से किसानों तथा रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और एमएसएमई को अत्यधिक लाभ होगा श्री मोदी ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन से न केवल आत्मनिर्भर भारत के अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश के उद्यमों को नया जीवन भी मिलेगा सरकार के सकारात्मक सुधारों से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे केन्द्र सरकार ने कल प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्व निधि योजना शुरू की इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी योजना का उद्देश्य गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को कोविड नाइन्टीन की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के तहत इस योजना का श्भारम्भ किया योजना से शहरी इलाकों के ऐसे पचास लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल चौबीस मार्च से पहले यही कार्य करते थे योजना की अवधि मार्च दो हजार बाईस तक की है पहली बार अर्द्वशहरी या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है इस तरह के कारोबारी दस हजार रूपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं जिसे एक साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा मंत्रालय ने कहा कि अगर कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या समय से पहले करता है तो मंत्रालय उनका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा जिसके आधार पर वह बीस हजार रूपये या उससे अधिक का सावधि ऋण हासिल करने के लिए पात्र होगा इस योजना को लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सूक्ष्म लघू और मझौले उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैम्पियंस का शुभारंभ किया चैम्पियंस प्लेटफार्म देश में सभी सुक्ष्म लघ् और मज्ञौले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध करायेगा इससे इस क्षेत्र को सुद्रढ़ बनाकर उत्पादन बढाने में मदद मिलेगी इस प्लेटफार्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा आत्मनिर्मर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही तीन हजार दो सौ करोड़ रूपये के ऋण बिना किसी जमानत के दिये हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तीन हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण मंजूर किये गये हैं आत्मनिर्मर भारत अभियान के अंतर्गत बीस लाख करोड रूपये के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने एमएसएमई के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की घोषणा की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश में अनलॉक व्यवस्था के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए किया जाए बाजारों में भीड़ न जुटे इसके लिए मुख्यमंत्री ने लगातार निगरानी कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समी जनपदों में कोरोना वायरस की जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही और तेज की जाए श्री योगी ने कल से शुरू हुए रेलगाड़ियों के परिचालन के संबंध में कहा कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोरोना से बचाव के सम्बंध में जागरूक किया जाए प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण से एक सौ सत्तासी मरीज स्वस्थ हुए हैं अब तक बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या पांच हजार तीस हो गई है कल दो सौ छियानबे नए रोगी मिलने के बाद कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आठ हजार तीन सौ इकसठ हो गई है पांच लोगों की मृत्यु हुई है जिसके बाद कोविड नाइन्टीन से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या दो सौ बाईस पहुंच गई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ नौ है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के सर्वाधिक सत्ताईस मामले गौतमबुद्व नगर जिले में मिले गोरखपुर में एक ही दिन में चौबीस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है संतकबीर नगर में भी कल चौबीस मरीज मिले बस्ती जिले में कल सत्रह और आजमगढ़ जिले में सोलह लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है और अब यह अड़तालीस दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान चार हजार आठ सौ पैंतीस रोगी ठीक हुए अब तक लगभग बानबे हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में तिरानबे हजार तीन सौ बाईस रोगियों का इलाज चल रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग प्रभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद सभी को अपने सामान्य जीवन में लौटते समय अधिक सावधान रहना होगा हर लोगों ने दिमाग में यह डाल लेना है सरकार ने ढील दी यह समझ कर ढील दी है कि जो आदमी बाहर निकलेगा वह सारे एहतियात बरतेगा अभी भी कोरोना वायरस तो गया नहीं है

अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने हाथ और मुंह दोनों का संबंध जितना हो सके उतना टालना है और हाथ साफ करते रहना है दक्षिण पश्चिम मानसून कल केरल तट पर पहुंच गया पिछले तीन दिनों से केरल में बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहने की सम्भावना जताई है जुलाई से सितम्बर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के बारे में दूसरे दीर्घावधि अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है